तोमर किसान सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंहने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है उन्हों ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया क्रषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी ओर से सुझावों की प्रतिक्षा की लेकिन वे कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बात एकदम स्पष्ट है कि कृषि कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समिति पर कोई असर नहीं पडेगा उन्हों ने यह भी कहा कि मंडी प्रणाली जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी और किसानों की उपज की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती रहेगी

विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की

उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में वर्च्अली उपस्थित रहे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नवीन संसद भवन निर्माण के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं

एक ट्वीट में गृहमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का शिलान्यास भारतीय इतिहास में स्र्णम दिन है उन्होंने इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुभकामनाएं दी जनआंदोलन भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक अनुपम बी व्यास ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

उन्होंने कहा कि भारत में मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जोकि वैश्विक स्तर पर दो दशमलव दो नौ प्रतिशत से काफी कम है

इस बैठक का आयोजन विश्व बैंक ने किया था

प्रदेश में ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने के कार्य को गति दी जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिवहन विभाग में मोबाइल गवर्नेस लागू करने के कार्य को गति दी जाए बैठक में बताया गया कि पाँच बड़े परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना की पहल की गई है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के नए भवन का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन उपस्थित थे

यह ट्रेन भोपाल मंडल के मुंगावली अशोकनगर गुना और रुठियाई स्टेशनों पर रुकेगी इसी प्रकार से सुरत छपरा एक्सप्रेस ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है वही किसान आंदोलन के चलते रेल प्रशासन में नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है

नई दिल्ली अमृतसर के बीच ट्रेन निरस्त रहेगी

इस वर्ष यह समारोह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भाग लेंगे

मौसम प्रदेश में मौसम में हल्का बदलाव महसूस किया जा रहा है राजधानी भोपाल में कल सुबह से बादल छाए रहे जो आज तड़के बरस गए हल्की ब्रंदाबांदी के बावजूद न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार बने रहेंगे अब आसमान खुलने के बाद हवाए चलने पर प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने की संभावना बन रही है